मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में आज से चौरो चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन शुरू हो गया

उन्होंने कहा कि चौरी चौरा की घटना विदेशी शासन के दौरान पुलिस थानों को आग लगाए जाने की अकेली घटना नहीं थी बल्कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी प्रधानमंत्री ने कहा साथियों सामूहिकता की जिस शक्ति ने गुलामी की बेडियों को तोड़ा था वहीं शक्ति भारत को दुनिया की बड़ी ताकत भी बनायेगी सामूहिकता की यही शक्ति आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूलभूत आधार है

आज भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों से अपने पचास लाख से अधिक नागरिकों को स्वदेश लाने का काम किया जब भारत ने अनेकों देशों के हजारों नागरिकों को सुरक्षित उनके देश भेजा जब आज भारत खुद कोरोना की वैक्सीन बना रहा है दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गति से टीकाकरण कर रहा है जब भारत मानव जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए दुनियाभर को वैक्सीन पहुंचा रहा है दे रहा है तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्मा होगी गर्व महसूस होता होगा

उन्होंने कहा कि हमारे देश की धरती में शहीदों का खून समाया हुआ है और वह हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा

उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है साथियों चौरी चौरा देश के सामान्य मानवीय का स्वतः स्फूर्त संग्राम था ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों की जितनी चर्चा होनी थी बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई इस संग्राम के शहीदों को क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा अलग अलग गांव अलग अलग आयोग अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि लेकिन एक साथ मिलकर वो सब मां भारती की वीर संतान थे

प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया यह दिन हमारी आजादी की लड़ाई से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना के सौ साल पूरे होने की स्मृति में मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि चौरी चौरा की घटना को शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जाना उत्तर प्रदेश सरकार की सराहनीय पहल है उन्होंने कहा कि साल भर तक चलने वाले समारोह को स्थानीय कला संस्कृति और आत्मनिर्भरता से जोड़ना हमारे स्वाधीनता सेनानियों के प्रति एक श्रद्वांजलि है श्री मोदी ने कहा कि भारतीयों की एकता से दासता की जंजीरे टूटी है और आज हमारा देश विश्व की एक महाशक्ति ह उन्होंने कहा कि यही एकता हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान की असली बुनियाद है प्रधानमंत्री ने कहा कि कई विशेषज्ञों का मानना था कि सरकार कोविड महामारी के दौर में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नागरिकों के कर में बढ़ोतरी करेगी लेकिन हाल के बजट में एक भी नया कर नहीं लगाया गया है बाइट बजट के पहले कई दिग्गज ये कह रहे थे कि देश ने इतने बड़े संकट का सामना किया है इसलिए सरकार को टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा देश को आम नागरिक पर बोझ डालना ही होगा नए नए कर लगाने की पड़ेंगे लेकिन इस बजट में देशवासियों पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया बल्कि देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा खर्च करने का श्री मोदी ने कहा कि महामारी की वजह से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है और किसानों ने उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया है प्रधानमंत्री ने बताया कि बाजारों को किसानों के लिए और अधिक फायदेमंद बनाने के लिए देश की एक हजार मंडियों को ई नैम से जोड़ दिया गया है समारोह के उदघाटन साथ ही प्रदेश में साल भर तक चलने वाले चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है इसमें महान स्वाधीनता सेनानियों क स्मारकों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसके अलावा राज्य भर में निबंध लेखन प्रतियोगिता वाद विवाद प्रतियोगिता और अन्य स्पर्धाएं भी आयोजित की जा रही है

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना को शामिल करने का आदेश दिया है

उन्होंन कहा कि आज के दिन से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली थी प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी चौरी चौरी शताब्दी महोत्सव के अन्तर्गत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया मेरठ में इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित कियागया सिद्धार्थनगर में स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली हरदोई जनपद में वंदे मातरम् की धुन पर सैल्यूट देकर शहीदों को श्रद्वाजंलि दी गई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

कल भी टीकाकरण से छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जायेगा

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक कोविड टीकाकरण करने वाला प्रदेश बन गया है प्रदेश में कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है

इस दौरान कोरोना संक्रमण के एक सौ उन्हतर नये मामले सामने आये

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि राज्य में कोरोना नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है